मंत्रिमंडल ने अरुणाचल सरकार में काम कर रहे और अकुशल कर्मचारियों आकस्मिक श्रमिकों दिहाड़ी मजदूरों और ए एल सी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की भी घोषणा की है अकुशल कर्मचारियों की मजदूरी आठ हजार रुपए से बढ़कर दस हजार रुपए प्रति माह और कुशल कर्मचारियों का नौ हजार रुपए से बढ़कर ग्यारह हजार रुपए प्रति माह कर दी गई है कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इकहत्तरवीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है यह दिन शहीद दिवस के रुप में भी मनाया जाता है उन्नीस सौ अड़तालीस में आज ही के दिन उनकी हत्या हुई थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज सवेरे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक ब्रलाई है इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सदन की सुचारु कार्यवाही में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेंगी बजट सत्र कल से आरंभ हो रहा है सत्र की शुरुआत पर संसद के सैंट्रल हाल में कल सुबह ग्यारह बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे अंतरिम बजट एक फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा बजट सत्र तेरह फरवरी तक चलेगा सरकार ने भी कल संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है वेस्ट कामेंग जिला पर्यटन कार्यालय ने जिले में ग्रामीण एवं इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शेरगांव को मॉडल गांव के रुप में अपनाया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में गत सोमवार को शेरगांव में आयोजित पर्यटन संसाधन पहचान कार्यक्रम में विभाग ने ये घोषणा की गांव की पर्यटन क्षमता का एहसास करने के लिए ग्रामीणों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया ईटानगर ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी के दौरान बेहतर आपसी संपर्क और समन्वय के लिए सामुदायिक रेडियों का उपयोग करेगा ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में कल ट्रैफिक वार्डन के साथ हुई समन्वय बैठक में राजधानी जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि ट्रैफिक वार्डन नगर की एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है और नगर में यातायात कानून को बनाए रखने के लिए उनके बीच समन्वय होना बहुत जरुरी है राजधानी पुलिस अधीक्षक एन हर्षवर्धन ने बताया कि हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ट्रैफिक वार्डन को चूना जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा समारोह में तीन ट्रैफिक वार्डन योआ राजा तागोंग हायी और जितू निओग को सर्वश्रेष्ठ ट्रैफिक वार्डन का प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त तामियों तातक ने देपी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और बालिका आवासीया विद्यालय के पुनुरुद्धार कार्य के लिए अपने अन्टाइड फंड से दस लाख रुपए जारी करने की घोषणा की है ईस्ट सियांग जिले के देपी में कल आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह घोषणा की जिला उपायुक्त ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को एस पी टी स्कूल भवन के पुनुरुद्धार और शौचालय के निर्माण कार्य के लिए अनुमान तैयार करने का भी निर्देश दिया समारोह में नारी कोयू के विधायक केन्तों रिना भी मौजूद थे राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कल से तीन दिवसीय सल्टर्स रसायन शिविर का शुभारंभ हुआ आवासीय रसायन शिविर कार्यक्रम में पापुम पारे जिले के विभिन्न स्कूलों से नौवीं कक्षा के सत्तर विद्यार्थी भाग ले रहे है इस शिविर का उद्देश्य रसायन विज्ञान सीखने में आनंद को फैलाने और छात्रों को रासायनिक विज्ञानों के प्रति जागरुकता और दीर्घकालिक हित दोनों को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है शिविर का आयोजन रॉयल सोसायटी ऑफ केमेस्ट्री और द सोल्टर्स संस्थान द्वारा किया जा रहा है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मामले में भारत की स्थिति में वैश्विक रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है शासन प्रशासन में पारदर्शिता की पैरोकार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दो हजार अट्ठारह की न्यूनतम भ्रष्टाचार की रैंकिंग में एक सौ अस्सी देशों की सूची में भारत को अठहत्तरवें स्थान पर रखा है सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में डेनमार्क पहले स्थान पर और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सोमालिया सीरिया और दक्षिण सूडान को विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देश बताया है और अब मोसम मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले चौबीस घंटो के दौरान ईटानगर और आसपास के क्षेत्रो में आंशिक रुप से बादल छाये रहने की संभावना है आज का अधिकतम तापमान चौबीस दसमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया